कोरोना सरकार दिशा निर्देश केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में चिन्हित जिलों और हॉट स्पॉट के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बीस अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया है निर्देशों में यह स्पष्ट कहा गया है कि ये अतिरिक्त गतिविधियां हॉट स्पॉट और कंटेन्मेंट जोन में नहीं चलाई जाएंगी जिन अतिरिक्त गतिविधियों की छूट दी जाएगी उनमें खेती किसानी संबंधी गतिविधियां कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी कृषि मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स की खरीदी बिक्री शामिल हैं इसके साथ ही नगरीय निकायों की सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग भी शुरू किए जा सकेंगे किराना और राशन दुकानें तथा रोजमर्रा की चीजों को बेचने वाली दुकानों के साथ ही फल सब्जी इत्यादि के ठेले भी समय सीमा के बंधन के बिना चलाए जा सकेंगे लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंस को बनाए रखना जरूरी होगा मनरेगा के तहत कार्यों की अनुमति होगी वहीं डाकघर और डाक सेवाएं भी चालू किए जाएंगे राज्यों के भीतर के साथ साथ राज्यों के बाहर भी माल परिवहन की अनुमति दी जाएगी ट्रकों से संबंधित मैकेनिकों की दुकानें और राजमार्गो पर ढाबे भी संचालित किए जा सकेंगे इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन मोटर मैकेनिक बढ़ई आदि स्वतः कार्य करने वाले व्यक्ति भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे कुरियर सेवाएं भी शुरू की जा सकेंगी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संचालन की अनुमति दी जाएगी कोयला के उत्पादन और खनन के साथ ही परिवहन की भी अनुमति होगी ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठे चालू किए जा सकेंगे शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान तीन मई तक बंद रहेंगे हालांकि वे ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य जारी रख सकते हैं सरकार ने यह भी कहा है कि तीन मई तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं यात्री ट्रेनें और बसें बंद रहेंगी इसके साथ ही लोग एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ ही एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं जा सकेंगे टैक्सी ऑटो रिक्शा आदि भी बंद रहेंगे सिनेमाघर मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक धार्मिक और अन्य किसी भी तरह के आयोजनों की अनुमति तीन मई तक नहीं होगी कोरोना संक्रमित मरीज प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित तीन और नए मरीजों की पहचान की गई है इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं ये तीनों मरीज कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र के रहने वाले हैं नए मरीजों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब छत्तीस हो गई है

एम्स रायपुर में भर्ती एक कोरोना महिला मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है इसके साथ ही अब प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर चौबीस हो गई फिलहाल एम्स रायपुर में बारह कोरोना पॉजीटिव मरीजों का इलाज जारी है कोरोना मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में लॉकडाउन के दौरान राहत और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के उपायों की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भूखा न सोए उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन उपलब्ध कराया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता को भी अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बड़े पैमाने पर कार्य शुरू होंगे ग्राम पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायकों को उनके मुख्यालय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाएं कार्यों के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए और सुरक्षा के सभी उपायों का कड़ाई से पालन हो कोरोना रिजर्व बैंक छत्तीसगढ़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की रोकथाम में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना की है आज मुंबई में जारी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने बताया है कि देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आर्थिक क्षेत्र में तेजी से वृद्धि देखी गई जो कि देश में सुखद वातावरण बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले तीन हफ्तों में घरेलू विकास पर कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं लेकिन वे अर्थव्यवस्था की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए निराशाजनक है इसके बावजूद छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल तेलंगाना ओडिशा असम और कर्नाटक जैसे राज्य लॉकडाउन के बावजूद कृषि की गतिविधियों में अग्रणी है खाद्यान्न और बागवानी के उत्पादन में कृषि और उससे संबद्व गतिविधियों के सभी कार्यों में तेजी बनी हुई है इन राज्यों में देश के अन्य विकसित राज्यों के मुकाबले आर्थिक विकास की दर काफी अच्छी है कोरोना आरोग्य सेतु ऐप नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि केन्द्र सरकार आरोग्य सेतु ऐप के जरिए मिलने वाली जानकारी का इस्तेमाल केवल चिकित्सा प्रयोजन के लिए करेगी और लोगों से संबंधित आंकडों का किसी अन्य काम के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा श्री कांत ने ट्वीट करते हुए कहा कि निजता अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इसे सबसे अधिक महत्व देती है उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप व्यक्तियों उनके परिवारों और समुदाय की कोरोना वायरस से रक्षा करने में ढाल की तरह काम करेगा उन्होंने इस ऐप को विश्व स्तरीय मेक इन इंडिया उत्पाद बताया और कहा कि यह संक्रमण के जोखिम की जानकारी देकर लोगों का सशक्तीकरण करता है अस्पताल राष्ट्रीय ग्णवत्ता छत्तीसगढ़ के छह अस्पतालों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है इसके अलावा प्रदेश के दो अस्पतालों को प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटर की उत्कृष्ट सुविधाओं तथा प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं की अच्छी देखभाल के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो जिला अस्पतालों और छह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा है केन्द्र सरकार द्वारा बलौदाबाजार जिला चिकित्सालय और राजनांदगांव जिले के छुईखदान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन और लक्ष्य दोनों प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है वहीं महासमुंद जिला चिकित्सालय तथा भानुप्रतापपुर नगरी और लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिला है

रायपुर और दुर्ग जिले में कल शाम पांच बजे से बहत्तर घंटे के लिए जारी कर्फ्यू के पहले दिन आज सख्ती देखी गई राजधानी रायपुर में भी आज अनावश्यक घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई वहीं दुर्ग जिले में आज पुलिस के सैकड़ों जवानों ने शहर के प्रमुख चौक चौराहों में फ्लैग मार्च किया और लोगों को घर से नहीं निकलने की हिदायत दी साथ ही सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई के साथ कई लोगों के वाहन भी जब्त किए इधर बालोद जिले में कलेक्टर रानू साहू ने जरूरतमंद लोगों के घरों तक अनाज और अन्य जरूरतों की सामग्री पहुंचाने के लिए चलित अनाज बैंक वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया चलित अनाज बैंक वाहन दानदाताओं से प्राप्त राशन सामग्रियों को लेकर जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए रवाना हुआ उधर कोरिया जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं लोगों को राशन सामग्री वितरित करने मास्क बनाने बैंक सखी के रूप में मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी दिव्यांगों और बुजुर्गो को पेंशन भुगतान करने तथा जन धन खातों से आहरण और सामान्य लेनदेन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इसी जिले के पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय पटना की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पोस्टर चित्रकला फोटो वीडियो लेख आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है

इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजनांदगांव जिले को कोरोना विजेता जिलों में शामिल किया है केन्द्र सरकार ने देशभर में ऐसे पच्चीस जिलों के नामों के सूची जारी की है जिसमें छत्तीसगढ़ के तीन जिले राजनांदगांव दुर्ग और बिलासपुर शामिल है इस बीच राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय ने कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें फोन कर धन्यवाद ज्ञापित किया श्री पांडेय ने स्वास्थ्य पुलिस सफाई मित्र और मीडियाकर्मियों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया इधर मुंगेली जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान जिले के एक लाख नब्बे हजार से अधिक राशन कार्डधारकों को दो माह का निःशुल्क राशन दिया गया है उधर दुर्ग जिले में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने कुम्हारी अस्पताल को पीपीई किट देने के अलावा चावल दाल आटा शक्कर सहित अन्य खाद्य सामग्रियां जरूरतमंदों के लिए प्रदान किए हैं वहीं बस्तर जिले में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वनोपज की खरीदी की जा रही है वन मंडलाधिकारी और प्रबंध संचालक स्टाइलो मंडावी ने बताया कि वन विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से लघु वनोपज का संग्रहण कर रहा है समिति के सदस्य ग्राम स्तर पर घर घर जाकर वनोपज की खरीदी कर रहे हैं कोरोना स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज कोरोना वायरस के इलाज के लिए माना में बनाए गए विशेष अस्पताल का निरीक्षण किया उन्होंने यहां उपलब्ध तमाम सुविधाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजधानी रायपुर के नजदीक माना रिथित सिविल अस्पताल को कोरोना वायरस के इलाज के लिए सौ बिस्तरों वाले विशेष अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है यहां चौबीस बिस्तरों का आईसीयू भी बनाया गया है वेंटिलेटर्स सहित कोरोना वायरस संक्रमितों के हर तरह की इलाज की व्यवस्था यहां की गई है कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी की भी यहां व्यवस्था है अस्पताल को कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों और मानकों के साथ तैयार किया गया है डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के डिसइंफेक्शन की सभी व्यवस्थाएं अस्पताल में है केन्द्र उज्जवला योजना लॉकडाउन के दौरान लोगों खासकर गरीबों जरूरतमंदों को परेशानी न हो इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अगले तीन महीने तक गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है इसके लिए ऐसे परिवारों के बैंक खाते में राशि जमा करवा दी गई है महासमुंद जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर छब्बीस में रहने वाली सरोजनी माणिकपुरी ने कहा कि केन्द्र सरकार की इस पहल से उनकी काफी कुछ परेशानी दूर हो गई है

बलरामपुर की शिवकुमारी ने बताया कि बैंक सखी उनके घर पर आकर ही उन्हें पैसा निकालकर दे रही हैं

इस घटना में क्रॉस फायरिंग के दौरान एक ग्रामीण की मौत हो गई जबकि एक अन्य ग्रामीण घायल हो गया है जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मोदकपाल थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी इस दौरान ओतकलपाड़ा के जंगल में मुरकीनार के पास एंबुस लगाकर बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी इस बीच दोनों ओर से हुई गोलीबारी में दो ग्रामीण इसकी चपेट में आ गए घायल ग्रामीणों को सुरक्षा बलों ने अस्पताल पहुंचाया जहां इलाज के दौरान एक ग्रामीण की मौत हो गई

मंत्रालय ने परामर्श जारी कर इस प्लेटफॉर्म के उपयोग के प्रति आगाह किया है प्रदेश में सात डिस्टिलरीज और तेरह जिलों में इकतालीस महिला स्व सहायता समूहों द्वारा अब तक तीन लाख पैंतीस हजार लीटर से अधिक सैनिटाईजर का निर्माण किया जा चुका है इनमें से दो लाख चौंतीस हजार लीटर से अधिक सैनिटाईजर का वितरण निःशुल्क और किफायती दर पर किया गया है

साथ ही एपीएल सामान्य परिवारों को दस रूपये प्रति किलो की दर से प्रति राशन कार्ड पैंतीस किलो चावल दिया जा रहा है